प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजंसी इसरो को आश्वस्त करते हुए कहा है कि चन्द्रयान द्वितीय के लैंडर विक्रम का भू केन्द्र से संपर्क ट्रटने से हम कमजोर नहीं हुए बल्कि इससे हमारा मनोबल और भी मजबूत हुआ है प्रधानमंत्री ने लैंडर विकम का धरती से संपर्क ट्रटने के कुछ ही घंटे बाद बेंगलुरू में इसरो केन्द्र से अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने कहा कि बाधाओं र्स निकल कर लगन के साथ काम करना भारत के आदर्शो में शामिल है उन्होंने कहा कि देश के गौरवशाली इतिहास में निराश करने वाले कई क्षण आए हैं लेकिन लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया है और शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जानता है कि आनंदित होने के अनेक अवसर आयेंगे उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम की जब बात आती है तब हम कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ होना अभी बाकी है प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम की तहे दिल से सराहना की

उन्होंने कहा कि आर्बिटर चन्द्रमा की कक्षा में सामन्य ढंग से काम कर रहा है चन्द्रयान द्वितीय के कई उददेश्य थे जिनमें चन्द्रमा की सतह पर उतरना भी शामिल था अंतरिक्ष विभाग में पूर्व सचिव और अंतरिक्ष आयोग के पूर्व अध्यक्ष माधवन ने कहा कि आर्बिटर अभी भी अंतरिक्ष में है और यह मानचित्रण करेगा

आर्बिटर में लगे यह पेलोडस सौ किलोमीटर की कक्षा से रिमोट सेंसिंग के माध्यम से निगरानी करेंगे

आर्थिक मामलों के सचिव के नेतृत्व में यह कार्यबल तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यावहारिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान करेगा जिन्हें चालू वित्त वर्ष में शुरू किया जा सकता है इसके अलावा कार्यबल वार्षिक अवसंरचना निवेश लागतों का अनुमान लगाने तथा वित्त पोषण के उपयुक्त स्त्रोतों की पहचान करने में मंत्रालयों का मार्गदर्शन करेगा यह परियोजनाओं की निगरानी के उपाय भी सुझायेगा ताकि लागत और समय को कम किया जा सके राष्ट्रीय अवसंरचना योजना में एक सौ करोड़ रूपए की ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड परियोजनायें शामिल होंगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी परियोजनाओं का लाभ सिरसावासियों को मिलेगा

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोहतक में पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए आ रहे हैं उन्होंने कहा कि इस दौरान पन्ना महासम्मेलन को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे बराला शनिवार को रोहतक में प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जन आशीर्वाद यात्रा का भी रविवार को समापन हो रहा है

डेरा प्रमुख ग्रमीत राम रहीम पर डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह हत्या मामले में आज पंचकला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हई हत्या आरोपी ग्रमीत राम रहीम और आरोपी कृष्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए जबकि आरोपी सबदिल जसबीर अवतार प्रत्यक्ष रूप से सीबीआई अदालत में पेश हुए

सुनवाई में आज एक गवाह की गवाही करवाने को लेकर बचाव पक्ष ने अदालत से समय की मांग की

हरियाणा के वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में आने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए गठित अपीलीय अधिकरण की पीठ हिसार में स्थापित की जायेगी वित्तमंत्री ने हिसार हवाई अड्डे से नियमित उड़ान शुरू होने पर हिसार वासियों को बधाई देते हए कहा कि हरियाणा के पाहले हवाई अडंडे के कारण हिसार का नराम अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर चमकेगा